आयोग ने न्यू इंडिया पिचतर दस्तावेज़ के लिए कल जारी अपनी नीति में कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को कम खर्च पर प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा जिससे द्रसरे अस्पतालों पर बोझ क्छ कम हो सकेगा आयोग ने कहा कि इन केन्द्रों में आपातकालीन सेवाओं के अलावा गैर संचारी रोगों मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों आघात जैसी बीमारियों की जांच व इलाज स्विधा होनी चाहिए प्रषणीय बीमारी के विरूदव लडाई केवल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा ही लड़ी जा सकती है स्वास्थ्य आयोग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को वैश्विक स्वास्थ्य मापदंड के अंतर्गत एक अग्रणी कदम करार दिया भारतीय चिकित्सा पद्धति आयर्वेद को विश्व स्तर पर पहंचाने के लिए पंचक्ला के मोरनी क्षेत्र में विश्व औषधीयों का लोकार्पण किया गया उसके उपरान्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वन विभाग हरियाणा एवं पंतजलि योगपीठ हरिदवार के विश्व औषधीय वन परियोजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे हरियाणा वन विभाग व पतंजलि योग पीठ के सहयोग से स्थापित विश्व औषधीय वन परियोजना से मोरनी निवासियों को नर्सरी के माध्यम से इस औषधि वन से आर्थिक लाभ होगा इस अवसर पर हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी मंत्रीराव नरबीर सिंह राज्य मंत्री कर्णदवे कम्बोज के अलावा योग ग्रू बाबा रामेदव और आचार्य बालकृष्ण भी उपस्थित थे उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने सभी राजनीतिक दलों से जन प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करने का आहवान किया है नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्र विधान परिषद के सदस्यों के साथ संवाद में श्री नायड्र ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को विधानमंडलों में लोगों की आवाज बनना चाहिए और उन्हें गरीबों तथा निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि विधानसभाओं की कार्यवाही में बाधा डालना से केवल समाचार पत्रोंमें स्ख्रियां पाने के अलावा और क्छ नहीं है उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि भारत के लोकतंत्र के कैसे मजबूत किया जाए इस बार पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वोह भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर आगू बने श्री नायड् ने कहा कि उच्च शिक्षा वाले महाविदयालयों और संस्थानों को समाज राजनीति अर्थशास्त्र सांस्कृति विज्ञान और उद्योग के साथ सम्पर्क रखने के लिये सार्थक भूमिका निभानी होगी

ये निर्णय म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी की समीक्षा बैठक में लिया गया

अगर पंचायत अपने संसाधनों से सौर ऊर्जा प्लांट लगवाती हैं तो निगम उन्हें तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाएगा

ये विचार विद्यालय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीकेदास ने पंचकुला में एक वैठक में व्यकत किए

बैठक मे अम्बाला क्रूक्षेत्र कैथल यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत रोहतक भिवानी हिसार चरखी दादरी जिलों के विद्यालयों के प्रम्खों ने भाग लिया बैठक में प्रम्खों को न केवल बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया बल्कि उनकी समस्याओ को भी स्ना गया श्री दास ने कहा कि पाठयक्रम के उप हिस्से की विशेष तौर पर तैयारी कराई जाये जिसे करके विद्यार्थी स्मगता से पास प्रतिशतता हासिल कर सके इससे पूर्व श्री दास ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह और सचिव कै मनोज क्मार से भी इस विषय पर चर्चा की उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रारूप में भी क्छ बदलाव करते हए बहविकल्पी व लघ् स्तरीय प्रश्न डाले जाएंगे जिससे केवल नकल की प्रवृत्ति कम होगी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा

हरियाणा सरकार के एक और स्धार कार्यक्रम के प्रोजेक्ट निदेशक राकी मित्तल ने आज पलवल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय का औचक निरीक्षण किया उन्होंने छात्राओं को दी जाने वाली स्विधाओं पढ़ाड़ व्यवस्था का जायज़ा लिया और छात्राओं से स्कूल के अदंर व बाहर की स्रक्षा को लेकर बातचीत की छात्राओं को सम्बोधित करते हये श्री मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हआ है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी महिला स्रक्षा को लकर प्ख्ता कदम उठाये जा रहे है

छात्राओं ने बताया कि स्कूल के बाहर कभी भी द्र्गा शक्ति खड़ी नहीं देखी स्कूल आते जाते समय मनचले य्वका तरह तरह की फतियां कसते है ओटो वाले भी तेज़ संगीत बजाकर अश्लील गाने बजाते है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई गोव ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव सांझा कर सकते है

घायलों में स्कूल बस का ड्राईवर भी शामिल है जिसकी हालात नाज्क बनी हई है क्छ बच्चो को निजी अस्पताल में और क्छ को पीजीआई भेजा गया है हादसे की वजह सुबह का कोहरा भी माना जा रहा है गांवों वालों को सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़ फोड़ की और ट्रक आग लगा दी प्लिस बल को ब्लाकर ग्रामीणों को शांत करवाया गया दोनों बच्चों के शवों को पास्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना अस्पताल में रखा गया है